मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा प्रदेश के सभी वृद्धों को मिलेगा पेंशन

और पटना में ग्यारह मार्च से शुरू हो रहा है बिहार कप फुटबॉल टूर्नामेंट

मुख्यमंत्री ने विधान सभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि व्रद्धावस्था पेंशन के लिये जितनी राशि की जरूरत पड़ेगी सरकार व्यवस्था करेगी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के योजना के कारण इसमें लाभुकों की सीमा उन्नीस लाख तय है लेकिन राज्य सरकार अपनी राशि से लगभग सत्तावन लाख वृद्धों को व्रद्धावस्था पेंशन देगी राज्य मंत्रिमंडल ने पटना स्मार्ट सिटी योजना के लिये सौ करोड़ रूपये की राशि आवंटित की है स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत पटना स्थित मंदिरी नाला और सभी वार्डों में जनसुविधा केंद्र स्थापित किया जायेगा साथ ही स्टेशन और बस स्टैंडों सहित नागरिक स्थलों को मॉडल बनाया जायेगा कैबिनेट ने एक अन्य निर्णय के तहत बांका के बौंसी मेला औरंगाबाद के देव छठ मेला नालंदा के एकंगरसराय प्रखण्ड के औंगारीधाम मेला और सिलाव प्रखण्ड के बड़गांव छठ मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया है प्रदेश के सभी उच्च विद्यालयों और प्लस दू विद्यालयों में प्रयोगशालाओं को दुरूस्त करने का भी फैसला लिया गया है प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद के लिये सरकार ने दो सौ करोड़ रूपये स्वीकृत किया है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धा विधवा और निःशक्तता सहायता देने के लिये सात सौ इक्यासी करोड़ रूपये स्वीकृत किया है कैबिनेट की बैठक में कुल तैंतीस प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत राज्य की पांच पर्यटन योजनाओं को मंजूरी दी है इनमें अध्यात्मिक सर्किट के तहत वैशाली आरा मसाद पटना राजगीर पावापुरी चंपापुरी और सुल्तानगंज धर्मशाला देवघर मंदार पर्वत शामिल हैं इन तीनों योजनाओं के लिये लगभग एक सौ अठावन करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गयी है वहीं बुद्धिस्ट सर्किट के तहत बोधगया में सांस्कृतिक केंद्र के लिये अंठानवे करोड़ तिहत्तर लाख रूपये की योजना की मंजूरी दी गयी है केंद्रीय पर्यटन मंत्री के जे अल्फोंस ने लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुये यह जानकारी दी केंद्र और राज्य सरकार की मदद से बिहार के आर्सेनिक प्रभावित जिलों में फॉर गंगा प्रोजेक्ट पर काम एक अप्रैल से शुरू होगा इसके जरिये वर्ष दो हजार तीस तक राज्य के आर्सेनिक प्रभावित जिलों का आकलन किया जायेगा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद इस प्रोजेक्ट में आर्सेनिक प्रभावित जिलों में तीन साल के भीतर शुद्ध पेयजल पर रिपोर्ट तैयार करेगा बाढ़ सिविल कोर्ट में पटना उच्च न्यायालय की निरीक्षण टीम के साथ अभद्रता मामले में स्टैडिंग कमिटी ने बाढ़ के सब जज को कारण बताओ नोटिस जारी किया है वहीं न्यायिक आदेश में गड़बड़ी करने के आरोप में बगहा के एडीजे दीपक कुमार सिंह को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन ने समय सीमा के भीतर शिकायतों का निष्पादन नहीं करने के आरोप में पांच अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है उनमें सीतामढ़ी के प्रपरी अनुमंडल पूर्णिया के बायसी पूर्णिया सदर दरभंगा सदर और वैशाली के महुआ के लोक शिकायत अधिकारी शामिल हैं इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने लोगों की शिकायतों का निष्पादन समय पर नहीं किया है अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन सभी के स्पष्टीकरण आने के बाद अगली कार्रवाई की जायेगी राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने गंभीर बीमारियों से संबंधित दवाओं की कीमत में कमी करने का फैसला लिया है इससे किडनी संक्रमण हृदय रोग सर्पदंस सहित बारह तरह की बीमारियों से संबंधित दवाओं की कीमतों में चौवन प्रतिशत तक कमी आ सकती है इसके अलावा प्राधिकरण ने दवाओं के खुदरा बिक्री में लाभ को भी कम किया है प्रदेश भर में सुदूर ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिये दो सौ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जायेंगे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने विधान सभा में स्वास्थ्य विभाग का दो अरब तेईस करोड़ रूपये का तृतीय बजट पेश करते हुये यह घोषणा की श्री पाण्डेय ने कहा कि राज्य सरकार सभी को बेतहर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कृतसंकल्प है केंद्र सरकार ने सार्वजनिक बैंकों को पैंतालीस दिनों के भीतर ऐसे सभी कर्जदारों का पासपोर्ट का ब्योरा देने को कहा है जिन्होंने पचास करोड़ रूपये से ज्यादा का कर्ज ले रखा है वित्त मंत्रालय के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैंकों को कहा गया है कि अगर कर्जदार के पास पासपोर्ट नहीं है तो ऐसे में बैंक को घोषणा पत्र के रूप में प्रमाण पत्र लेना होगा इसमें यह जिक्र करना होगा कि संबंधित व्यक्ति के पास पासपोर्ट नहीं है इस पहल का उद्देश्य धोखाधड़ी करने वाले लोगों को देश छोड़कर भागने से रोकना बताया जा रहा है राज्य में इंटर की कॉपियों के मूल्याकंन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है सभी मूल्यांकन केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है इंटर मूल्यांकन केंद्र पर मूल्यांकन के लिये सेवानिवृत प्राचार्य को प्रेक्षक के रूप में लगाया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इंटर और मैट्रिक मूल्यांकन में गलती होने पर शिक्षकों पर कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि अंकों की मूल्यांकन में गड़बड़ी और आधा अध्रा उत्तर जांचने वाले शिक्षकों को चिन्हित कर उन पर आर्थिक दंड के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जायेगी अररिया लोकसभा तथा जहानाबाद और भभुआ विधानसभा क्षेत्रों के लिये हो रहे उपचुनाव में प्रचार का शोर बढ़ गया है महागठबंधन और एनडीए गठबंधन की ओर से दिग्गज नेताओं का प्रचार अभियान जारी है इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी अररिया लोकसभा के सिकटी और रानीगंज में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे कटिहार पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थमोहन जैन ने कर्तब्य में लापरवाही के आरोप में सुधानी थानाध्यक्ष राकेश रमण को निलंबित कर दिया है वहीं बरारी थाना प्रभारी किशोर कुमार को भी बिना छुट्टी के गायब रहने के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया गया है इधर जिले के नगर थाना क्षेत्र के अड़गड़ा चौक पर देर शाम एक निर्माणधीन मकान से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गयी है किशनगंज जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी अदालत ने दोषियों पर दस दस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है अगामी ग्यारह मार्च से पटना में बिहार कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जायेगा पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में आयोजित होने वाले इस ऑल इंडिया टूर्नामेंट का यह सातवां संस्करण है

वहीं पानीपत में होने जा रहे राष्ट्रीय थ्रो बॉल चैंपियनशिप के लिये बिहार टीम का प्रशिक्षण शिविर आज से पटना में शुरू हो रहा है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा वृद्धावस्था पेंशन के लिये चाहे जितनी राशि की जरूरत पड़े सरकार व्यवस्था करेगी राज्य के सभी वृद्धों को पेंशन एक अन्य खबर पर अखबार लिखता है टीईटी का संशोधित रिजल्ट घोषित दैनिक जागरण की सुर्खी है चारा घोटाले में फंसे मुख्य सचिव पूर्व मुख्य सचिव व पूर्व डीजीपी सहित सात के खिलाफ कोर्ट ने समन जारी कर अठाईस मार्च को हाजिर होने को कहा राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है कैबिनेट का फैसला पटना को स्मार्ट बनाने के लिये मिले सौ करोड़ रूपये प्रभात खबर ने शीर्षक लगाया है बिहार की पांच पर्यटन योजनाओं को केंद्र सरकार की मंजूरी राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया संकेत बढ़ेगी आधार से योजनाओं को लिंक करने की अवधि और अब अंत में मुख्य समाचार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा प्रदेश के सभी वृद्धों को मिलेगा पेंशन

और पटना में ग्यारह मार्च से शुरू हो रहा है बिहार कप फुटबॉल टूर्नामेंट